उन्होंने विश्व की पहली न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए एक दशमलव पांच किलोमीटर लंबी डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना भी किया इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे विनिर्माण ईकाइयों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक कम लागत पर उत्पाद पहंचाने की स्विधा उपलब्ध होगी उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं भी बढेंगी श्री मोदी ने कहा कि इससे ग्रामीण और छोटे उदयोगों को भी लाभ होगा श्री मोदी ने कहा कि यह गलियारा अर्थव्यवसथा के विकास में सहायक होगा

पेनसिल्वेनिया और ऐरिजोना राज्यों में मतों पर सवाल उठाए जाने को वहां की सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स ने खारिज करते हए डाले गए मतों को वैध करार दिया उपराष्ट्रपति माइक पेंस जो सीनेट के अध्यक्ष हैं ने इस प्रक्रिया का निरीक्षण करने के बाद कांग्रेस को बताया कि नवम्बर में हए च्नाव में डाले गए पांच सौ अड़तीस इलेक्टॉरल कालेज मतों में से जो बाइडेन और कमला हैरिस को तीन सौ छह मत मिले जबकि डॉनल्ड ट्रम्प और माइक पेंस को दो सौ बत्तीस मत प्राप्त हुए इस प्रमाणीकरण के बाद श्री बाइडेन के लिए बीस जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने का रास्ता साफ हो गया है

सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के दो दिन के दौरे के तहत वायुसेना प्रमुख ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात के दौरान यह आश्वासन दिया बैठक के दौरान स्रक्षा को लेकर कई मुद्दो पर चर्चा की गई इस अवसर पर राज्य के दिरांग और अनिनि में एडवांस लैंडिंग ग्रांड की स्थापना पर भी चर्चा की गई वाय्सेना प्रम्ख ने सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की चीन से लगी सीमाओं पर तैनात वाय्सेना के अधिकारियों और जवानों से म्लाकात कर तैयारियों का जायजा लिया

श्रीमती एस कंदर के साथ बातचीत में म्ख्यमंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में बह्विवाह एक जटिल समस्या है और इस सामाजिक ब्राई को जड़ से समाप्त करने के लिए जन जागरुकता पर जोर दिया जा रहा है इस अवसर पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष राघल् चाई तेची ने महिलाओं को उनके माता पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार दिलाने के लिए सरकार से आवश्यक कदम उठाने के अन्रोध किया बैठक के दौरान घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की सहायता के लिए वन स्टाप सेंटर सखी को मजबूत बनाने का स्झाव दिया

उन्होंने राज्य की सभी जनजातीय परंपराओ पर आधारित डिजाइन और पैटर्न को अपनाते हुए स्टोल या स्कार्फ तैयार करने की सलाह दी है श्रीमती मिश्रा ने कहा कि इसका इस्तेमाल सभी लोगो विशेषकर सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा कार्यक्रमों और पर्वो में किया जाना चाहिए जिससे वोकल फोर लोकल के प्रयासो को प्रोत्साहन मिलना और इसे तैयार करने में लगी महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनेंगी श्रीमती मिश्रा आज राजभवन में सी सी आर डी नाहरलग्न की प्रशासनिक निदेशक मोयर रिबा गामलिन के नेतृत्व में आए महिलाओं के एक समूह के साथ विचार विमर्श कर रही थी